कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में खोले जाएंगे पोस्ट कोविड क्लिनिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण की बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोग बरतें और सावधानी प्रदेश में रोडवेज को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए तैयार की जाएगी योजना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

प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे

चुनाव आयुक्त ने कहा कि नाम वापसी के बाद प्रचार का दौर बढ़ जाएगा ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की उपेक्षा ना हो

बैठक को प्रदेश महामंत्री चन्द्रशेखर ने सम्बोधित करते हुए संगठन के प्रचार प्रसार पर चर्चा की साथ ही वार्ड चुनाव प्रभारियों को पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रणनीति बनाने प्रचार प्रसार करने और पार्टी की मजबूती के लिये काम करने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये

इनके अलावा पोस्ट कोविड वार्ड और आईसीयू भी संचालित किए जाएंगे इन क्लिनिकों में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने के बाद डिस्वार्ज होकर घर जाने वाले मरीजों की जांच और काउंसलिंग की जाएगी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों में लक्षण कृष्ठ समय तक रह सकते हैं ऐसे में हर जिला मुख्यालय पर उन मरीजों की जांच के लिए इन क्लिनिकों की स्थापना किया जाना आवश्यक है

वहीं बीकानेर में केन्द्रीय कोविड समीक्षा दल के प्रभारी ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर ने कलक्ट्रेट परिसर से दस कोरोना जागरुकता रथों को रवाना किया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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन आंदोलन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है उन्होंने कहा कि लोग स्वप्रेरणा से मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग और अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं श्री गहलोत कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रा के इन दिनों में होने वाले गरबा डांडिया और रामलीला जैसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्तर पर भीड़ भाड़ के साथ आयोजित न होकर डिजिटल माध्यम से ही हो रहे हैं

श्री गहलोत ने कहा कि सर्दी के मौसम में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है इसे देखते हुए लोग वैवाहिक समारोहों और त्यौहारों के दौरान विशेष सावधानी बरतें

इसके लिए रोडवेज प्रबंधन छीजत कम करने बसों में जीपीएस लगाने ऑनलाइन टिकटिंग सहित अन्य तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहन दे श्री गहलोत कल जयपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपने परिलाभों के लिए लम्बे समय से इन्तजार करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द उनका बकाया भुगतान करने की योजना बनाई जाए

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं